प्रदेश के सैंकड़ों संपर्क मार्ग यातायात के लिए अवरूद्व चंबा सहित कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का किया आह्वान कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे खर्चों पर मांगा श्वेत पत्र

राज्य में आज व कल भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए रैड अलर्ट जारी किया गया है कांगड़ा चंबा और कुल्लू ज़िलों में वर्षा से संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है कांगड़ा जिले में मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग भूस्खलन से अवरूद्व हो गया है और नदी नाले उफान पर हैं पालमपुर के ऊपरी इलाकों में बीती रात भारी वर्षा से न्यूगल नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सौरव वन विहार में फिर से पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ है कांगड़ा जिला प्रशासन ने लोगों से न्यूगल खड्ड सहित अन्य नदी नालों के समीप न जाने की सलाह दी है चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में मंदिर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं धर्मशाला गग्गल मार्ग भी भूस्खलन से यातायात के लिए बाधित हो गया है उधर चंबा ज़िले में भी बीती रात से हो रही भारी वर्षा ने काफी तबाही मचाई है चंबा पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग कई स्थानों पर ल्हासे गिरने से अवरूद्व है

सड़कें बंद होने से ज़िले के कई स्थानों पर आज रोज़मर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो सकी जिले के अनेक स्थानों पर वर्षा से खेतों में खड़ी मक्की की फसल को भारी नुकसान पहंचा है ज़िला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है

घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में हल्का हिमपात भी हुआ है जिससे ठंड बढ़ गई है इस बीच कुल्लू ज़िले में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है और कुल्लू में बैली ब्रिज को भी खतरा पैदा हो गया है प्रशासन ने इस पुल से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है

ऐसे में प्रशासन ने व्यास नदी के किनारे रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है राजधानी शिमला सहित राज्य के अन्य स्थानों पर भी बीती रात से वर्षा का कम जारी है जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है

शिमला में आज उनसे मिलने आए मंडी जिले के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के गतिशील नेतृत्व में पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्व है और उन क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है जो किन्हीं कारणों से विकास से अछते हैं प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडी के नव नियुक्त अध्यक्ष दिलीप ठाकुर ने की पर्यटन इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार प्रदेश के पर्यटन विकास के लिए प्रयासरत है और धार्मिक व साहसिक पर्यटन के अलावा ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है पर्यटन विकास को लेकर शिमला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पर्यटन के विकास से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी ज़िले के जंजैहली को ईको पर्यटन कांगड़ा को बीड़ बीलिंग को पैरा ग्लाइडिंग पौंग डैम को जल कीड़ाओं और शिमला ज़िले के चांशल क्षेत्र को शीतकालीन खेलों व स्कीईंग के रूप में विकसित किया जाएगा परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आशा कार्यकर्ताओं को संस्थागत प्रसव के बारे में महिलाओं को जागरूक करने को कहा है

परमार ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए

इन मैदानों में युवाओं को जिम की सुविधा भी उपलब्ध होगी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कांगड़ा ज़िले के सिहवां स्कूल में स्कूली छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि हर गांव को पक्की सड़क सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है

सोलन जिले में हिन्नर पंचायत के टिक्करी में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि संपूर्ण अस्पतालों में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे खर्चों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है प्रदेश पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर बढ़ रहे कर्जे पर चिंता जताते हए सरकार पर वित्तीय कृप्रबंधन का आरोप लगाया है उन्होंने सरकार को अपने खर्चों में कटौती करने और केन्द्र से विशेष आर्थिक पैकेज लाने को लेकर प्रयास करने की सलाह दी है राठौर ने कहा कि कर्मचारियों को देय भत्तों की अदायगी के नाम पर सरकार हर महीने कर्ज़ ले रही है नीलम शर्मा डीडीन्यूज़ की वरिष्ठ एंकर नीलम शर्मा का आज नई दिल्ली में आकरिमक निधन हो गया

नीलम शर्मा पिछले कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थीं वे मूल रूप से हमीरपुर ज़िले में भोरंज विधानसभा क्षेत्र के भलवाणी गांव की रहने वाली थीं उन्होंने तेजस्विनी व बड़ी चर्चा जैसे अनेक लोकप्रिय कार्यक्रमों का संचालन किया और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से भी नवाज़ा गया था प्रसार भारती के अध्यक्ष एसूर्य प्रकाश ने नीलम शर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताया है

उप महालेखाकार रणदीप ने बताया कि इस दौरान सेवानिवृत अधिकारियों व कर्मचारियों की पैंशन संबंधी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा उन्होंने राज्य सरकार के सभी पैंशनरों से इस पैंशन अदालत का लाभ उठाने का आग्रह किया है फागली क्लब शिमला के फागली क्लब में सदस्यता अभियान शुरू हो गया है क्लब के सलाहकार हरिचंद गुप्ता ने बताया कि टेबल टैनिस वेट लिफ्टिंग जिमनेज़ियम और सांस्कृतिक कार्यक्रम के इच्छुक लोग अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं इसके लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग फागली के कनिष्ठ अभियंता को अधिकृत किया गया है अप्रवासी खेल अप्रवासी मज़दूरों के लिए सोलन के ठोडो मैदान में इन दिनों फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में अप्रवासी मज़दूर उत्साह के साथ फुटबॉल स्पर्धा में भाग ले रहे हैं

झारखंड फुटबॉल क्लब सोलन के अध्यक्ष दीपक गुनाव ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अप्रवासी लोगों का खेल के माध्यम से मनोरंजन करना है